कोरोना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विष्व के अन्य देषों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत् है और वह ऐसा करना जारी रखेगा उन्होंने कहा कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा श्री मोदी ने यह बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम कोरोना योद्वाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देष विदेष के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दुढ़ता से खड़ा है भारत निःस्वार्थ भाव से बिना किसी मेद के अपने यहां भी और पूरे विष्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाभ हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिये संकट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुष्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने कानून व्यवस्था बनाये रखने संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाये रखने के लिए चौबीसो घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्वा प्रषंसा और सम्मान के पात्र हैं इस समारोह को कोरोना वैष्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवाकर्भियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रुप में मनाने का संकल्प लिया है करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं मुझे पूरा विष्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुष्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे कोरोना वंदे भारत एसओपी लॉकडाउन के कारण विदेषों में फंसे करीब चौदह हजार आठ सौ भारतीयों को स्वदेष लाने के लिए सबसे बड़े मिषन वंदे भारत के तहत सरकार आज से तेरह मई तक चौंसठ उड़ानें संचालित करेगी विदेष मंत्री एस जयषंकर ने मंगलवार को कहा था कि इस अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उन्होंने फंसे लोगों से संबंधित देषों के भारतीय द्रतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की थी यात्रा खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा विद्युत राहत राज्य सरकार ने व्यावसायिक कृषि आधारित उद्योग सहित अन्य औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं के अप्रैल मई और जून के बिलों पर डिमांड चार्जेस भुगतान को आगामी जून महीने तक स्थगित करने का निर्णय लिया है स्थगन अवधि के बाद बकाया राशि को समान मासिक किस्तों में आगामी छह माह के बिजली बिल के साथ लिया जाएगा साथ ही देर से बिजली बिल जमा करने पर लिए जाने वाले डेढ़ प्रतिशत सरचार्ज में भी कमी कर इसे अब एक प्रतिशत किया गया है वहीं निम्न दाब विद्युत उपभोक्ता जिन्हें तेईस मार्च से तीन मई दो हजार बीस की अवधि में बिजली बिल का भुगतान करना था उन्हें अब बिना किसी विलंब शुल्क के इकतीस मई तक बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा दी गई है कोरोना मरीज छुट्टी एम्स रायपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित दो मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई छत्तीसगढ़ में फिलहाल इक्कीस कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है प्रदेश में अब तक उनसठ कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से अड़तीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है हाईकोर्ट अवकाश बदलाव छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अट्ठारह मई से लेकर बारह जून तक पूर्व में घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश को स्थगित कर दिया है अब इस दौरान भी आम दिनों की तरह उच्च न्यायालय सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिला न्यायालयों में कामकाज जारी रहेगा गौरतलब है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है इस दौरान आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य सिविल मामलों की सुनवाई स्थगित रहती है कोरोना राज्य सरकार कार्य नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सक्षमता से काम कर रही है डॉक्टर डहरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस से बचाव के मामले में देश का मॉडल बनकर उभरा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक छप्पन लाख परिवारों को दो माह का निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है श्री डहरिया ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे परिवारों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि छोटे बड़े छह हजार उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है वहीं देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के सवा लाख श्रमिकों को उन राज्यों में राशन आवास और स्वास्थ्य की व्यवस्था मुहैया कराई गई है उन्होंने कहा कि जरूरतमंद श्रमिकों के खाते में लगभग एक करोड़ रूपये की राशि जमा की गई है डॉक्टर डहरिया ने रायपुर शहर में पीलिया बीमारी की रोकथाम के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अस्सी एमएलडी क्षमता का नया वाटर फिल्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है इसके अलावा साठ किलोमीटर पुरानी पाईप लाइनों को बदला जा रहा है कोरोना जिला कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं कोरिया जिले में सभी ब्यूटी पार्लरों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है जारी निर्देश के तहत सुबह नो बजे से शाम चार बजे तक ब्यूटी पार्लर खोले जाएंगे इस दौरान न्यूनतम कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और सभी के द्वारा गाइनलाइन का पालन किया जाएगा वहीं देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को भी इनके गृह जिले भेजा जा रहा है इसी कड़ी में रायगढ़ जिले से सत्ताईस मजदूरों को झारखंड के लिए रवाना किया गया इस दौरान सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया इधर धमतरी जिले में दो सौ इंक्यावने लोगों ने शादी की अनुमति के लिए आवेदन पत्र जिला प्रशासन को दिया है कुरूद ब्लॉक से सबसे अधिक दो सौ पच्चीस आयेदन प्राप्त हुए हैं लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की शर्त पर इन आवेदनों पर अनुमति दी जा रही है इधर महासमुंद शहर में बिना मास्क पहने घूम रहे सोलह लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है इन सभी पर दो दो सौ रूपये का जुर्माना लगाया गया है लखमा बयान प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने वाले मजदूरों के लिए भोजन आवास और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की जाए आज महासमुंद जिले के पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कैंटीन में भोजन की व्यवस्था और साफ सफाई बेहतर रखने के निर्देश दिए इस बीच दुर्ग जिले में अन्य प्रदेशों से आने वाले मजदूरों को रखने के लिए दो सौ चौहत्तर क्वारेंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं इन शिविरों में तीन स्तरों पर निगरानी रखी जाएगी वहीं मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चंदखुरी स्थित एक स्कूल को आश्रय स्थल बनाया गया है उधर अन्य राज्यों में फंसे कोंडागांव जिले के निवासियों को लाने के लिए जिला प्रशासन ने छह कंट्रोल रूम बनाए हैं ऐसे व्यक्ति जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और स्वयं लौटने में सक्षम नहीं हैं ये व्यक्ति स्वयं या उनके परिजन फोन के माध्यम से कंट्रोल रूम में सूचना दे सकते हैं जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा फंसे व्यक्ति की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था की जाएगी वहीं जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की कवायद शुरू कर दी है जिले के पैंतीस हजार से अधिक मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं मजदूरों के आने से पहले जिले में आठ सौ भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी है गौरतलब है कि विशेष ट्रेन से आने वाले कोरबा और रायगढ़ के मजदूर भी चांपा रेलवे स्टेशन में ही उतरेंगे

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की ग्यारहवीं कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढ़े दस बजे एक साथ रिले करेंगे गैस रिसाव आंध्रप्रदेश के विशाखापट्नम में आज सुबह एक संयंत्र में गैस रिसाव होने से ग्यारह लोगों की मौत हो गई वहीं सैकड़ों लोग प्रभावित हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है संयंत्र के आसपास के सभी गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है साथ ही इन सभी को जहरीली गैस से बचाव के लिए अपने चेहरों पर गीला कपड़ा रखने की हिदायत दी गई है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विशाखापट्नम में हुए गैस रिसाव हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि अर्पित की है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने इस घटना में प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गैस रिसाव हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है साथ ही प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तेतला स्थित पेपर मिल में हानिकारक गैस के रिसाव से सात मजदूरों के प्रभावित होने की खबर है इनमें से तीन मजदूरों की हालत गंभीर बताई जाती है जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया है

बुद्ध पूर्णिमा आज बुद्ध पूर्णिमा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि महात्मा गौतम बुद्ध के विचार एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शक रहेंगे श्री बघेल ने कहा कि गौतम बुद्ध के उपदेश हर परिस्थिति और काल में प्रासंगिक हैं उनकी दी गई शिक्षा हमें संयम से आगे बढ़ने का संदेश देती है माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार जिले के किरंदुल इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान दल ने घेराबंदी कर जनमिलिशिया कमांडर नंदा मंडावी को गिरफ्तार किया इस माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था वहीं इस पर कई जवानों की हत्या करने का आरोप है इधर कांकेर जिले में पुलिस ने माओवादियों के दो मददगारों को गिरफ्तार किया है फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है बलरामपुर महिला रोजगार बलरामपुर जिले में वन विभाग की पहल पर ग्रामीण महिलाओं को उनके गांवों में ही रोजगार देने की व्यवस्था की गई है जिले के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण महिलाएं समूह बनाकर मुनगे की पत्ती इकट्ठी करती हैं और फिर उनको सूखाकर उनका चूर्ण तैयार करती हैं

महिलाओं द्वारा तैयार मुनगे के इस चूर्ण को छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में बेचने की योजना वन विभाग द्वारा बनाई जा रही है गोरतलब है कि मुनगे के इस चूर्ण को स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है और इसकी आपूर्ति आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी की जाती है

इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव को लेकर चर्चा की गई बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस प्रशासन द्वारा आपसी समन्वय के साथ कार्य करने संक्रमण के प्रति नागरिकों में जागरूकता जगाने बिना पास के प्रवेश प्रतिबंधित करने और मजदूरों के आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी को रोकने पर चर्चा की गई इस मौके पर सूरजपुर कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने जिले के नवाटोला चेकपोस्ट का निरीक्षण किया और आने जाने वाले लोगों की जानकारी ली पुलिस स्कूल मान्यता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने रायपुर स्थित पुलिस पब्लिक स्कूल को कक्षा बारहवीं तक मान्यता प्रदान कर दी है इससे पहले स्कूल में आठवीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही थीं कक्षा बारहवीं तक मान्यता मिलने से अब यहां नवमीं से बारहवीं तक की कक्षाएं भी संचालित हो सकेंगी इस स्कूल में पुलिसकर्मियों के अलावा आम नागरिकों के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलकूद म्यूजिक सहित अन्य गतिविधियां भी संचालित होती हैं बीते वर्ष स्कूल में करीब दो सौ बच्चे अध्ययनरत् थे मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ बौछारें पडने की भी संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित बस्तर दंतेवाड़ा सरायपाली राजिम शिवरीनारायण चांपा तखतपुर कोंडागांव सहित कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई रायपुर में आज सुबह गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई वहीं दुर्ग और राजनांदगांव में भी बारिश होने के समाचार मिले हैं इस दौरान कई स्थानों में ओले गिरने की भी खबर है

सभी आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है